राज्यों को रात्रि कर्फ्यू लगाने का दिया गया अधिकार राज्यपाल फागू चौहान आज विधान मंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे

रामविलास पासवान के निधन के कारण यह च्नाव हो रहा है और राजधानी पटना समेत प्रदेश के विभिन्न भागों में ठंड में तेजी जारी

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार जिला अधिकारियों को कंटेनमेंट जोन का सीमांकन सुनिश्चित करना होगा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कंटेन्मेंट जोन की सूची वेबसाइट पर जारी करनी होगी सूची को स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भी साझा करना होगा कंटेनमेंट जोन के अंदर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से निर्धारित रोकथाम के उपायों की जांच की जाएगी कंटेन्मेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति दी जाएगी चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए इन क्षेत्रों में या उससे बाहर के लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित होगी इस उद्देश्य के लिए गठित निगरानी दल आवासीय इलाकों में कड़ी निगरानी रखेंगे निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा स्थानीय जिला पुलिस और नगरपालिका के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित कंटेन्मेंट जोन में दिशानिदेशों का कड़ाई से पालन हो और राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश की सरकारें इस संबंध में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगी राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश स्थिति का आकलन करने के बाद कोविड महामारी के फैलाव को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर रात के कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगा सकते हैं लेकिन केन्द्र सरकार से परामर्श के बिना कन्टेमेंट जोन के बाहर के इलाकों में स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लागू नहीं करेंगे आम लोगों और सामान के एक राज्य से दूसरे राज्य तथा एक राज्य के भीतर आने जाने और लाने ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी इन दिशा निर्देशों का मुख्य उद्देश्य देश में कोविड के प्रसार पर काबू पाने के लिए किए गए कार्यो पर ध्यान केन्द्रित करना और प्राप्त लक्ष्यों को प्रदर्शित करना है प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव एक तीन प्रतिशत हो गई है यह राष्ट्रीय औसत से तीन दशमलव चार एक प्रतिशत अधिक है राज्य में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है फिलहाल पांच हजार चार सौ पच्चीस मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है पिछले चौबीस घंटों में तीन सौ पचास रोगी कोविड से पूरी तरह स्वस्थ हो गए जबकि सात सौ तिरसठ नए मामलों का पता चला राज्य में अब तक दो लाख पच्चीस हजार सात सौ संतानवे रोगी संक्रमण से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं वहीं पटना जिला प्रशासन ने गंगा किनारे के क्षेत्र में कोरोना जांच अभियान चलाने का निर्णय लिया है इधर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोरोना संक्रमितों के सम्पर्क में आने वाले लोगों की जांच करायें मुख्य सचिव ने कहा कि जिस मुहल्ले में कोरोना के मरीज मिले उस क्षेत्र को कंटेंनमेंट जोन मानकर कार्रवाई की जाये देश में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है पिछले चौबीस घंटों में लगभग चौबालीस हजार नये मरीज सामने आये और लगभग अड़तीस हजार लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए अब तक छियासी लाख बयालीस हजार से अधिक लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं स्वस्थ होने की औसत बेहतर होकर तिरानवे दशमलव सात दो प्रतिशत हो गयी है देश में इस समय संक्रमण के चार लाख चौबालीस हजार सात सौ छियालीस सक्रिय मरीज हैं जो कुल मरीजों का केवल चार दशमलव आठ दो प्रतिशत है इस समय कोविड से होने वाली मृत्यु दर एक दशमलव चार छह प्रतिशत है पिछले चौबीस घंटों में चार सौ इक्यासी लोगों की मौत हुई है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन ने आकाशवाणी से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये जीवनशैली बदलना और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना आवश्यक है उन्होंने एक बार में एक सप्ताह तक प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने का दावा करने वाली औषधियों से सतर्क रहने की अपील की है

संतुलित भोजन के रूप में करना होगा नियमित व्यायाम के रूप में करना होगा और ब्री आदतों जैसे कि सिगरेट शराब और दूसरी अन्य चीजों से दूरी बनाए रखना होगा और अभी जो बाजार में आप देखते हैं कि तमाम तरह के भ्रामक विज्ञापन आ रहे हैं जिसमें कि एक दिन दो दिन चार दिन पांच दिन इसमें आप कोई एक पर्टिक्लर दवा खा लें उसके बाद आपकी इम्प्रनिटी ठीक हो जाएगी तो ऐसे भ्रामक विज्ञापन से अपने आपको दूर रखें इम्प्रनिटी कोई ऐसी चौज नहीं है जिसमें आप एक दिन दो दिन कुछ खुराक दवा खा करके आप बना सकते हैं राज्यपाल फागू चौहान आज नवगठित विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे सत्र के अंतिम दिन कल धन्यवाद ज्ञापन और सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की जाएगी भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा को कल विधानसभा का अध्यक्ष चूना गया है बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से चौथी बार निर्वाचित हुए हैं वहीं विधान परिषद का एक सौ छियानवां सत्र भी आज से शुरू हो रहा है निर्वाचन आयोग प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी करेगा यह सीट पूर्व केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के कारण रिक्त हुई है आयोग ने इसके लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी है तीन दिसम्बर तक नामांकन दाखिल किये जा सकते हैं अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी जबकि नामांकन पत्र सात दिसंबर तक वापस लिये जा सकेंगे मतदान चौदह दिसम्बर को होगा इसी दिन शाम में वोटों की गिनती की जायेगी भारतीय संविधान पारित किए जाने की वर्षगांठ के रूप में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है इसे राष्ट्रीय विधि दिवस और भारत का संविधान पारित किए जाने के दिवस के रूप में भी जाना जाता है वर्ष उन्नीस सौ उनचास में आज ही के दिन देश की संविधान सभा ने भारत का संविधान पारित किया था जो छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास से लागू हुआ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत अपनी सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति का उपयोग करके विश्वभर में देश की छवि को उसी तरह सुदृढ कर सकता है जैसे योग के माध्यम से किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय मात्र उच्च शिक्षा के केन्द्र नहीं हैं बल्कि वे चरित्र निर्माण और प्रेरणा देने वाले शक्ति केन्द्र भी हैं

ये उंचे लक्यों उंचे संकल्यों को साधने की राक्ति को सांसल करने का भी एक बहुत बड़ा पावर हाउस होता है एक बहुत कठी उर्जा मूमि होती है प्रेरणा मूमि होती है यहां हमारे कैरेक्टर के निर्माण का हमारे मीतर की ताकत को जगाने की प्रेरणा फैली हूई है श्री मोदी ने कहा कि लंबे समय से हमने अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं किया है

देता को आने बढ़ा रहे हैं

कोरोना महामारी के प्रकोप के दौरान विद्यार्थियों और शिक्षकों की भूमिका की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालयों को अपना ध्यान अनुसंधान ब्रान्ड के रूप में अपनी छवि निखारने और अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों के स्थानीय उत्पादों का मूल्य संवर्धन करने पर केन्द्रित करना चाहिए इससे सरकार को नीतियां बनाने में मदद मिलेगी और एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सकेगा

हवा का रूख उत्तर पूर्व होने के कारण तापमान में मामूली वृद्धि हुई है लेकिन अड़तालीस घंटों के बाद उत्तर पश्चिमी हवा चलने के बाद तापमान गिरेगा और ठंड बढेगी मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के अनुसार गया का न्यूनतम तापमान सात दशमलव एक डिग्री सेल्सियस रहा जो शिमला से भी कम है जबकि राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान दस डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार सुबह और शाम में तापमान में तेजी से गिरावट हो रही है जिससे लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है निजी स्कूल छात्रों पर जबरदस्ती शुल्क जमा करने का दबाव बनायेंगे तो उन पर कार्रवाई की जायेगी पटना प्रमंडल के आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि इसके लिए जिलाधिकारी कार्यालय में एक सेल बनाया गया है जहां अभिभावक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं उन्होंने कहा कि शिकायत की जांच करायी जायेंगी मामला सही पाये जाने पर स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की जायेगी केंद्रीय ट्रेड यूनियन के हड़ताल में भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर दस यूनियन भाग ले रहे हैं अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ एआईबीईए ने भी हड़ताल में शामिल होने की घोषणा की है हड़ताल केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ किया जा रहा है संचार मंत्रालय ने कहा है कि अगले साल पन्द्रह जनवरी से सभी फिक्स्ड टेलीफोन से मोबाइल कॉल करने के लिए टेलीफोन नंबर से पहले शून्य लगाना होगा पहले इसे एक जनवरी से ही लागू किया जाना था फिक्स्ड से फिक्स्ड मोबाइल से फिक्स्ड और मोबाइल से मोबाइल कॉल्स करने के लिए कोई परिवर्तन नहीं होगा द्र संचार विभाग ने भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई की सिफारिश पर यह निर्णय लिया है ट्राई की सिफारिश है कि फिक्स्ड लाइन और मोबाइल सेवाओं के लिए पर्याप्त संख्या संसाधन सुनिश्चित किए जाने चाहिए पटना जिले में दीघा प्रलिस ने शराब पीने के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है वहीं एस के पुरी थाना पुलिस ने शराब की तस्करी करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां सभी समाचार पत्रों ने विधानसभा के अध्यक्ष के चूनाव की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान लिखता है हंगामे के बीच विजय सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित दैनिक भास्कर ने तामिलनाड़ में आये निवार तूफान पर लिखा है एक सौ तीस की रफ्तार से चेन्नई में तट से टकराया बिहार में असर नहीं दैनिक जागरण अर्जेटीना के फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना के निधन पर सुर्खी दी है भगवान के पास हैंड ऑफ गॉड माराडोना प्रभात खबर ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के वायरल ऑडियो क्लिप पर शीर्षक दिया है लालू का भाजपा विधायक को फोन कहा एबसेंट हो जाओ मंत्री बनायेंगे आज अखबर ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले पर लिखा है व्यस्क महिला अपनी मर्जी से कहीं और किसी के भी साथ रहने के लिए स्वतंत्र

राज्यों को रात्रि कर्फ्यू लगाने का दिया गया अधिकार राज्यपाल फागू चौहान आज विधान मंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे

रामविलास पासवान के निधन के कारण यह चुनाव हो रहा है और राजधानी पटना समेत प्रदेश के विभिन्न भागों में ठंड में तेजी जारी